भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने अपने शासनकाल में वोटबैंक की राजनीति को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखा है उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि वे एनडीए की सत्ता वापसी पर आरक्षण समाप्त करने का झूठ फैला रहे हैं श्री मोदी आज अररिया जिले के फारबिसगंज के हवाई अड्डा मैदान में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप क्मार सिंह के समर्थन में चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को एनडीए की सत्तावापसी को लेकर भय सता रहा है क्योंकि एनडीए की जीत से वंशवाद की राजनीति भ्रष्टाचार और गरीबों के नाम पर लूट पर प्रहार होने वाला है श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र में एनडीए की दोबारा सत्ता वापसी होने पर जाति और धर्म के नाम पर राजनीति पर रोक लगेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास हुआ है श्री मोदी ने कहा कि जनता का विश्वास उनका खजाना है सभा में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुपौल जिले के गांधी मैदान में आज पार्टी प्रत्याशी रंजीत रंजन के समर्थन में चुनाव सभा को संबोधित किया श्री गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है तो सरकार बनने पर महिलाओं को संसद और सरकारी नौकरियों में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जायेगा श्री गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया था उन्होंने कहा कि पांच साल के बाद यह वादा झूठा साबित हुआ है लोकसभा चूनाव के तीसरे चरण के लिए चूनाव प्रचार चरम पर है विभिन्न दलों के स्टार प्रचारक और नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के लिए चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुपौल और मधेपुरा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और देश में विकास की गति बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए लोगों का समर्थन मांगा दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के बिजुलिया गांव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आज राजग प्रत्याशी गोपाल जी ठाक्र के समर्थन में चूनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने लोगों से एनडीए गठबंधन को अपना वोट देकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का आहवान किया राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मध्बनी खगड़िया और मधेपुरा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चूनावी रैलियों को संबोधित किया हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने कई चुनावी रैलियों को संबोधित कर महागठबंधन के पक्ष में लोगों का समर्थन मांगा उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के ताजपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है उन्होंने दावा किया कि बिहार में महागठबंधन की आंधी चल रही है और इस आंधी में भाजपा गठबंधन का सफाया तय है लोक जन शक्ति पार्टी के अध्यक्ष राम विलास पासवान ने भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में खगड़िया और मधेप्रा में जनसभाएं की चौथे से लेकर सातवें चरण के लिए भी चुनाव प्रचार भी गति पकड़ चुका है भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पटनासाहिब क्षेत्र में चितकोहरा अनिसाबाद सरिस्ताबाद यारपुर और किदवईपुरी सहित कई स्थानों पर जनसम्पर्क अभियान संवाद कार्यक्रम और रोड शो किया बेगूसराय से सीपीआई प्रत्याशी कन्हैया कुमार जीतपुर हसनपुर बाजार नावकोठी छतौना और टेनकपुरा में जनसभाओं को संबोधित किया राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र और पार्टी नेता तेज प्रताप यादव महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतर गये हैं तेज प्रताप यादव ने शिवहर में महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी फैजल अली के खिलाफ प्रचार किया श्री यादव ने इस संसदीय क्षेत्र से अपने पसंद के प्रत्याशी अंगेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है इधर पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर तेज प्रताप यादव के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई अनिरूद्व प्रसाद उर्फ साधु यादव ने बसपा के टिकट पर राजद प्रत्याशी के खिलाफ महराजगंज लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट से पूर्व मंत्री प्रभुनाथ सिंह के बेटे रंधीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है लोक सभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल शाम चुनाव प्रचार का कार्य समाप्त हो जायेगा इस चरण में तेईस अप्रैल को पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों झंझारपुर सुपौल मधेपुरा अररिया और खगडिया में मतदान होगा तीसरे चरण के अन्तर्गत अररिया लोकसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव में कुल बारह उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं पेश है हमारे संवाददाता की ग्राउण्ड रिपोर्ट बाईट अररिया लोकसभा क्षेत्र अपने गठन के बाद से ही राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माना जाता रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में भी यहां मुकाबला काफी रोमांचक होने के आसार हैं एनडीए से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व सांसद प्रदीप कुमार सिंह और महागठबंधन की ओर से निवर्तमान सांसद सरफराज आलम के बीच मुख्य रूप से मुकाबला होने के आसार है वहीं दस अन्य प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और राजद के तेजस्वी प्रसाद यादव समेत दोनों ही गठबंधन के वरिष्ठ नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाएं कर चुके हैं बाढ़ की विभीषिका बेरोजगारी पिछड़पन उद्योगों की कमी और पलायन इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं इधर प्रशासन ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली है इस क्षेत्र के लगभग अठारह लाख मतदाता एक हजार सात सौ बीस मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से गौतम सिंह सहगल जमुई सुरक्षित संसदीय क्षेत्र अंतर्गत तरी दाबिल गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के मतदान केंद्र संख्या दो सौ बत्तीस पर पुर्नमतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया

लोकसभा चूनाव के पांचवे चरण के लिए प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की आज जांच की गई जांच में अड़तीस प्रत्याशियों के नामांकन पर्चे रद्द कर दिये गये कुल छियासी प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाये गये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सबसे अधिक पन्द्रह पन्द्रह नामांकन मुजफ्फरपुर और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में रद्द किये गये वहीं सीतामढ़ी और सारण में तीन तीन तथा मध्रबनी में दो अभ्यर्थियों के पर्चे रद्द कर दिये गये इस चरण में छह मई को पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर सारण और हाजीपुर में मतदान कराया जायेगा बाईस अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकते हैं इधर मुजफ्फरपुर में नामांकन रद्द होने से नाराज दो प्रत्याशियों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से राज्य के पूर्व मंत्री रमई राम की पुत्री गीता कुमारी का भी पर्चा रद्द हो गया

इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी रात जागकर खुदा की इबादत करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं खानकाहों और मस्जिदों में आज रात विशेष नमाज अदा की जायेगी शब ए बरात को लेकर पूरे प्रदेश में काफी चहल पहल देखी जा रही है कब्रिस्तानों और मस्जिदों तक जाने वाले रास्तों पर प्रकाश की विशेष व्यवस्था की गयी है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर राज्य और देश के लोगों खासकर मुसलमान भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के पास से पुलिस ने अठारह किलोग्राम गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है शेखपुरा जिले के करण्डेय थाना क्षेत्र के बेंगुचा गांव स्थित बघार में दर्जनों किसानों के खेत में तैयार लगभग चालीस बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गयी